भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री ने कहा पार्टी ने चारों सीटों पर उतारे निष्ठावान प्रत्याशी कांग्रेस ने शिमला व मंडी सीट के लिए घोषित किए उम्मीदवार कुलदीप राठौर ने कहा हमीरपुर व कांगड़ा संसदीय सीट के लिए एक दो दिन में होगी प्रत्याशियों की घोषणा रोहतांग दर्रा पैदल पार करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पहली अप्रैल से कोकसर व मढी में स्थापित होगी बचाव चौकियां चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन में भाजपा युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि भाजपा ने चारों सीटों पर निष्ठावान प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और पार्टी लोकसभा चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है उन्होंने कहा कि ये चुनाव चुनौतियों भरा है और सोलन विधानसभा क्षेत्र से नया प्रत्याशी उतारने के बावजूद भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी जयराम ठाक्र ने कहा कि इस चुनाव में युवा मतदाताओं की अहम भूमिका होगी

बाद में मुख्यमंत्री ने कसौली में भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया सांसद वीरेंद्र कश्यप व भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप भी इस मौके मौजूद रहे

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और चुनाव समिति के प्रभारी मुकुल वासनिक की ओर से कल शाम जारी प्रेस विज्ञप्ति में मंडी से आश्रय शर्मा और शिमला संसदीय सीट से धनीराम शांडिल को प्रत्याशी बनाया गया है आश्रय शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पोते है जो हाल ही में फिर से कांग्रेस में शामिल हुए हैं

वर्तमान में वे सोलन विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक है और पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे है कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है राठौर धनीराम इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर ने दावा किया है कि शिमला और मंडी सीट पर पार्टी हाईकमान ने सशक्त उम्मीदवारों को टिकट दिया है और दोनों सीटों पर पार्टी जीत हासिल करेगी शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिली है और वीरभद्र सिंह व पंडित सुखराम की कल नई दिल्ली में हई मुलाकात से इन दोनों बडे नेताओं के बीच मन मुटाव खत्म हुआ है राठौर ने कहा कि कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा एक दो दिन में कर दी जाएगी

उन्होंने कहा कि शिमला सीट पर भले ही कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है लेकिन कांग्रेस कार्यकर्त्ता पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करेंगे

सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी ललित जैन ने नाहन में बताया कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस पहचान पत्र बैंक व डाकघर पासबुक पैन कार्ड आधारकार्ड व पैंशन बुक जैसे दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं

ईवीएम सोलन के जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने आज अर्की नालागढ़ सोलन कसौली और दून विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनें सौंपी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह मशीनें सौंपी गई

अनुराग सांसद अनुराग ठाक्र ने कहा है कि पिछले पांच वर्ष में केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया में नई पहचान मिली है कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में विकास भाजपा का मुख्य मुद्दा है और केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के दम पर पार्टी फिर से सत्ता में लौटेगी स्वीप कार्यक्रम मतदाताओं को वोट डालने के प्रति जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश भर में स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने आज बिलासपुर जिले के घुमारवीं में स्वीप कार्यक्रम का शुभारंभ किया उन्होंने मतदान के लिए हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भी किया और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई बच्चों ने नारों के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक किया ऊना मंडी चुनाव ऊना के जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ऊना में आज उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर ब्रेल वोटर स्लिप और स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी ताकि दिव्यांग मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सके उन्होंने कहा कि जिले में रह रहे जम्मु कश्मीर के प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए डाक मत पेपर की सुविधा प्रदान की जा रही है

रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा पैदल पार करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा पहली अप्रैल से कोकसर और मढ़ी में बचाव चौकियां स्थापित की जाएंगी लाहौल स्पीति के उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने आज केलंग में बताया कि रोहतांग दर्रे को पहली अप्रैल से पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा उन्होंने रोहतांग पैदल पार तय करने वाले सभी यात्रियों से बचाव चौकियों में अपना नाम दर्ज कराने का आग्रह किया है

कल पहली उड़ान भुंतर तांदी डाइट भुंतर दूसरी भुंतर बारिंग भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर सिसू भुंतर के बीच होगी इसी प्रकार पहली अप्रैल को पहली उड़ान भुंतर किलाड़ चम्बा दूसरी चम्बा अजोग चम्बा और तीसरी उड़न चम्बा किलाड़ भुंतर के बीच भरने का कार्यक्रम है यह उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी मांग पांगी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पांगी घाटी के साच व धरवास हेलिपैड के लिए हेलिकॉप्टर उड़ाने करवाने की प्रशासन से मांग की है कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि इन हेलिपैडों पर उड़ाने न होने से लोगों को मुश्किलें आ रही हैं उन्होंने पांगी घाटी में सभी सड़कों से जल्द बर्फ हटाने का आग्रह भी किया है

इन कॉन्स्टेबलों को नौ महीने का प्रशिक्षण दिया गया पुलिस महानिदेशक ने नए कॉन्स्टेबलों को शुभकामनाएं दी आयकर अग्रिम आयकर व आयकर रिटर्न दाखिल करने की कल अंतिम तिथि है आयकर विभाग ने सभी आयकरदाताओं से जुर्माने से बचने के लिए समय रहते अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करने का आहवान किया बिलासपुर जिले के घुमारवीं में विभाग द्वारा जागरूकता शिविर लगाया गया जिसमें आयकर अधिकारी राकेश ठाकुर ने बताया कि इस वित्त वर्ष में ढाई लाख से अधिक की आय वालों को आयकर रिटर्न भरना जरूरी है मॉकड़िल आपदा प्रबंधन टीम ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक मॉकड्रिल का आयोजन किया ये मॉकड्रिल रिज मैदान के अलावा तारघर और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में करवाई गई एसडीएम शिमला शहरी नीरज चांदला ने बताया कि मॉकड़िल का उद्देश्य आपदा के समय सभी विभागों में आपसी तालमेल का जायजा लेना और बचाव संबंधी तैयारी करना था ताकि भविष्य में किसी भी आपदा के समय जानमाल के नुक्सान को कम किया जा सके